अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं अपने टवीट संदेशों में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोड़ो भारतीयो को फायदा पहुंचेगा श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रुप से उन्नत बनाने की दिशा में एक कदम है उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पश्पालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा इससे मेहनतकश किसानों की आय निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खासतौर से बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी किल कोरोना प्रदेश में एक जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जायेगा इसकी शुरुआत भोपाल से की जायेगी अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वे किया जायेगा

उन्होंने कहा इसके लिए दल गठित किये जा रहे हैं इसमें कोविड मित्र भी बनाये जायेंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेँगे

प्रदेश में होने वाले इस विस्तृत सर्वे से संदिग्ध रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार अधिक आसान हो जायेगा प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े बारह हजार के करीब पहुँच गई है हालांकि इनमें से साढ़े नौ हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

उधर मुरैना में कल दस नये मरीजों का पता चला जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया है कि इन मरीजों को क्वारंटीन सेंटर से आइसोलेशन वार्ड़ में भेजा गया है

प्रशासन ने बुधवार से शहर में दुकानों को ऑड इवन के तहत खोलने के आदेश जारी कर दिए शहर में लंबे समय के बाद पोहे जलेबी के ठेले और द्रकानें भी खूली शहर के मुख्य व्यापार केंद्र राजबाड़ा और उसके लगे बाजार की दुकानें ऑड ईवन पर शुरू हो गई हैं जिले में फिलहाल धर्मस्थल जिम शॉपिंग मॉल सिनेमाघर स्कूल कॉलेज स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे उधर उज्जैन में भी आज से चाय नाश्ते की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर काम काज में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये ये पुरस्कार प्रदान करती है

प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वन तथा ऑनलाईन आय व्यय के लिये विभिन्न एप्लीकेशन का उपयोग करने ई ग्राम स्वराज लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री आदि के साथ साथ विभागीय पंचायत दर्पण पोर्टल का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए दिया गया है उधर रतलाम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिले की जनपद पंचायत आलोट और ग्राम पंचायत कंसेर एवं बरखेड़ी का चयन किया गया है मौसम प्रदेश में मानसून की आमद हो चुकी है लेकिन पश्चिमी मध्यप्रदेश में अभी तक मानसूनी बारिश नहीं हुई थी लेकिन कल इंदौर शहर में लगभग आधा घंटा मानसून की तेज बारिश हुई जिससे कई इलाकों में सड़कें तरबतर हो गई इसके बाद भी देर तक रिमझिम वर्षा का दौर चलता रहा मौसम विभाग के अनुसार जिले में बारिश के जोर नहीं पकड़ने का सबसे बड़ा कारण गुजरात की ओर से सक्रिय हुए सिस्टम के यहां आते आते कमजोर पड़ना है विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है इसके बाद मालवा क्षेत्र में मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है राजधानी भोपाल में भी कल दिनभर बादल छाये रहे उधर उज्जैन जिले के घटिटया खाचरोद नागदा बड़नगर महिदपुर और तराना तहसीलों में कल बारिश हुई वहीं शिवपुरी जिले में भी दो दिन से रूक रूक कर बारिश हो रही है

मौसम विभाग ने रीवा सतना सागर पन्ना अशोकनगर ग्वालियर दतिया गुना शिवपुरी राजगढ़ विदिशा और उज्जैन जिलों में आज भारी वर्षा का अनुमान जताया है खरीफ बुआई मॉनसून तय समय पर आने से प्रदेश में इन दिनों खरीफ की फसलों की बुआई का काम जारी हैं

श्री कुलस्ते के अनुसार ग्राम पंचायत गौंझी में मेडिकल कॉलेज का मुख्य भवन बनेगा